मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड टीकाकरण अभियान के रिहर्सल की तैयारियों की समीक्षा की बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के अधिकारियों को टीकाकरण की व्यवस्था के लिए जरूरी प्रबंध करने का निर्देश दिया अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था हो चुकी है

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का पूर्वाम्यास है ताकि शुरू में ही इसमें आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके उन्होंने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविड के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है

जिन जिलों में कोरोना वैक्सीन का डाई रन किया जाना है उनमें भीलवाड़ा जयपुर करौली अजमेर बांसवाड़ा जोधपुर और बीकानेर जिले शामिल हैं

उधर बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना टीकाकरण के कल होने वाले पूर्वाभ्यास के लिये तैयारियां पूरी कर ली गई है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

इससे निय्क्ति संबंधी विवाद समाप्त हो गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि राज्य में जितने भी ऐसे लंबित मामले हैं उनका हल निकले

नववर्ष के पहले दिन आज वर्चअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंघान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानों का निर्माण चल रहा है

सवाईमाधोपुर के रणथम्मौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चौथ का बरवाड़ा के मंदिर में श्रद्वालुओं ने कतार में दर्शन किये गुरूद्वारों में शब्द कीर्तन के आयोजन हुए वहीं भरतपुर में आज सभी इंदिरा रसोई केन्द्रों पर पकवान बनवाकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया शहर के आरबीएम अस्पताल सहित हीरादास बस स्टैंड जनाना अस्पताल के अलावा अन्य केन्द्रों पर विशेष तौर पर पूड़ी रसगुल्ला खीर और मौसमी व्यंजन परोसे गये

नववर्ष पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को श्भकामनाए दी हैं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

हालांकि न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर मामूली बढ़ोतरी हुई है

इस बीच मौसम विभाग ने आज झूंझनू और चुरू में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है विमाग ने इसके अलावा कल कोटा ब्रेंदी धौलपुर भरतपुर करौली सवाई माधोपुर टोंक और दौसा में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई हैं

योजना की अवधि बढ़ाने से बकायादारों को राशि जमा कराने का अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा

इसी के तहत आज पाली में सांसद पीपी चौधरी ने युवाओं को जल शपथ दिलाई जिला युवा अधिकारी ने जन प्रतिनिधियों तथा नागरिकों को जल संचय तथा अभियान के बारे में जानकारी दी श्रीगंगानगर में ही जल सरंक्षण अभियान से संबंधित एक पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर ने किया केन्द्र के समन्वयक ने बताया कि नये साल के अवसर पर युवाओं ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जल संरक्षण का संकल्प लिया सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने नेहरू युवा केंद्र के कैच द रेन वाटर पोस्टर का विमोचन किया बाद में जिला कलक्टर ने नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों को जल शपथ दिलाई

नई तकनीक की मशीनों से जांच की गति तथा गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी

इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था आज पहली जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी